समारोह में अनेक अंतरराष्ट्रीय नेता बिम्सटेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्षेत्रीय दलों की नामचीन हस्तियां भाग लेंगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज श्री मोदी के साथ तीन घंटे लंबी बैठक की जिसमें मंत्रिमंडल के गठन को लेकर गहन विचार मंत्रणा हुई श्री शाह ने आज ही जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से ीी चर्चा की

लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से श्री रामविलास पासवान ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में से एक श्री अरूण जेटली ने स्वास्थ्य कारणों से मंत्री बनने से इंकार कर दिया है श्री शाह और श्रीमती सुषमा स्वराज के नई कैबिनेट में आने को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें लगायी जा रही हैं माना जा रहा है कि आज शाम तक मंत्रिपरिषद के नामों को लेकर अंतिम निर्णय हो जाएगा दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीपर इस्तीफा वापस लेने क लिए दबाव बनाने के वास्ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को देशमर में प्रदर्शन किया और कई प्रदेश इकाइयों ने प्रस्ताव पारित कर उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने का अनुरोध किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आज नई दिल्ली में श्री गांधी के तुगलेक रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित पूर्व केन्दीय मंत्री जगदीश टाइटलर सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए श्री गांधी ने कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कार्यसमिति की पिछले सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठक में इस्तीफा देने की पेशकश की थी लेकिन समिति के सदस्यों ने एक स्वर में उनका इस्तीफा अस्वीकार किया था कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा नहीं देने के आग्रह के बावजूद श्री गांधी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं इधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद आज जयपुर में पार्टी की प्रदेष कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हई बैठक में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेष प्रभारी अविनाष पांडे सहित प्रदेष के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया बैठक के बाद श्री पांडे ने संवाददताओं को बताया कि कार्यकारिणी ने राहल गांधी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य करते रहने का प्रस्ताव पारित किया है उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है

इस बीच मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि प्रदेश में अगले तीन चार दिनों तक भीषण गर्मी और लू के हालात बने रहने की संभावना है

यह मैसेज लोगों को दिन में तीन से चार बार मोबाइल पर दिए जा रहे हैं

षिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज जयपुर में षिक्षा विभाग की विषेष समीक्षा बैठक में इस संबंध में घोषणा करते हए कहा शिक्षकों का प्रषिक्षण चालू षिक्षा सत्र में करवाया जायेगा और प्रशिक्षण अब गैर आवासीय होंगे इसके लिए गाईड लाईन तैयार करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं श्री डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण शिक्षकों की शिक्षण आवश्यकताओं बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी स्तरों पर सुनिश्चित कराने को ध्यान में रखते हुए करवाए जाएंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में यह भी कहा गया है कि पहले से दाखिला करा चुके किसी भी अभ्यर्थी को इन खाली सीटों पर नामांकन के लिए आवंटित पाठ्यक्रम और कॉलेज छोड़ने की अनुमति नहीं होगी

शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी शहीद को पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह लेफिटनेंट कर्नल सुनील सिंह एसपी हैदर अली जैदी सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पूष्प चक अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए बनी निगरानी समिति की बैठक में इन योजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है

इनमें भारत को कुल दो प्रस्कार मिले हैं इनमें राजस्थान राज्य और दिल्ली की एक संस्था शामिल है

इस अवसर पर उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि इस अत्याध्रनिक कंट्रोल रूम से जयपुर के यातायात को व्यवस्थित करने में पुलिस को मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि जयपुर की यातायात व्यवस्था पुलिस के सामने चुनौती है और हमेशा यही प्रयास रहता है कि यातायात व्यवस्था सुगम और निर्बाध रूप से संचालित हो इसके लिए पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा नवाचार किये जा रहे है